चतरा में सांकेतिक रूप से तीन दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव आज से शुरू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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है और इससे अनुसंधान और नवाचार को मजबूती मिली है पश्चिम बंगाल में विश्वभारती के दीक्षांत समारोह में आज वर्चअल माध्य्म से श्री मोदी ने कहा कि फैसला हमें करना है कि हमें समस्या पैदा करने वालों का साथ देना है या समाधान तलाशने वालों के साथ खड़ा होना है प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान और शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है उन्होंने विद्यार्थियों से विविधता में एकता की भावना को बनाए रखने का आह्वान किया श्री मोदी ने कहा कि विश्व भारती असीम ज्ञान और कौशल का भंडार तो है ही बल्कि यह ज्ञान फल फूल भी रहा है उन्होंने गरीबों के कल्यााण के लिए विश्वभारती के प्रयासों की सराहना की आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर प्रधानमंत्री ने शिवाजी के बारे में गुरूदेव की कविता का उल्लेख भी किया

इसका उद्देश्य देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि गो इलेक्ट्रिक भारत का भविष्य है जो कम लागत वाले पर्यावरण अनुकूल और स्वदेशी बिजली उत्पादों को प्रोत्साहन देगा

गिरिडीह परिसदन में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री उरांव ने कहा कि राज्य सरकार के पास आमदनी के लिए केवल वैट है और वैट से वसूली गई राशि से ही गरीबों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है वित्त मंत्री रामेश्वर उराँव ने गिरिंडीह में कांग्रेस कार्यालय के निर्माण का शिलान्यास भी किया घर घर जल पहंचाने और स्वच्छता अभियान के लिए गोड्डा में आज जल विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया वक्ताओं ने कहा कि जल संचय आज समय की मांग है यूनिसेफ के प्रेमचंद ने कहा कि केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं जिससे गांव में घर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है मौके पर जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने कहा कि सरकार घर घर जाकर पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है

मौके पर जेरेडा के निदेशक केके वर्मा ने कहा कि झारखंड सरकार अक्षय ऊर्जा पर आधारित मिनी और माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट्स के विकास के लिए प्रतिबद्ध है जेरेडा राज्य के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा की पहुंच को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है कार्यक्रम में सीड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी रमापति कुमार ने कहा कि झारखंड मिनी माइक्रो ग्रिड पॉलिसी का उद्देश्य राज्य के द्रस्थ गांवों में ऊर्जा सुविधा उपलब्ध कराना है जहां गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति एक चुनौती है

इसका उदघाटन ऑनलाइन माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना ग्रप्ता करेंगे

इस दौरान सभी को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी

चतरा जिले में स्थित ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर परिसर में आज से तीन दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव शुरू हुआ सांकेतिक रूप से आयोजित होने वाले इस महोत्सव का उदघाटन राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया मौके पर श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता सांसद सुनील कुमार सिंह और सिमरिया विधायक किसुन दास समेत जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी तथा गणमान्य लोग थे मौके पर मंत्री बादल पत्रलेख ने समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संदेश पत्र पढ़कर सुनाया श्री पत्रलेख ने कहा कि तीन धर्मों की इस संगम स्थली के विकास के लिए झारखंड सरकार पूरी तरह से प्रत्यनशील है

उन्हें बताया गया कि किसान किस प्रकार सब्जी उगाने से लेकर उत्पाद को बाजार तक लाने और बाजार की स्थितियों से परेशानी महसूस करते हैं

झारखंड में चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की जमानत याचिका आज हाई कोर्ट ने खारिज कर दी झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने सुनवाई में लालू प्रसाद को दुमका कोषागार से अवैध निकासी और जेल मैनुअल के उल्लंघन मामले में दोषी पाया अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी लालू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि इसी तरह के मामलों में झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले के कुछ दोषी लोगों को जमानत दी है उम्मीद है कि लाल प्रसाद अब अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं फिलहाल लालू प्रसाद का अभी एम्स नई दिल्ली में इलाज चल रहा है

उन्होंने इटखोरी में भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की और आज से शुरू हो रहे तीन दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया

घटना के संबंध में बताया गया कि अभियंता हजारीबाग से केरेडारी जा रहे थे इसी क्रम में दो बाइक पर सवार अपराधियों ने अभियंता के वाहन में फायरिंग कर दी गोली लगने के बाद उन्हें हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका घटना की जानकारी मिलते ही हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस अस्पताल पहुंचे

मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी हिस्सों में अगले कुछ घंटों में तेज बारिश वज्रपात और आंधी तफान की संभावना जतायी है कल भी आंशिक बादल छाये रहेंगे और मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की उम्मीद है

इस मामले में दो लोगों को गिरफ़्तार किया गया है

जिसमें रेल अधिकारियों कर्मचारियों और उनके परिजनों ने हिस्सा लिया और महिलाओं ने भी रक्तदान किया